प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीबों वंचितों दलितों और आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर में सुधार आया है उन्होंने कहा कि यह योजना सामाजिक सशक्तिकरण में केन्द्रिय भूमिका निभा रही है आज देश में एलपीजी ऊर्जा का सबसे स्वच्छ और सर्व सुलभ साधन बन चुका है पिछले कुछ वर्षों से समाज में रहन सहन के स्तर को आसान बनाने और गरीबों दलितों पीड़ितों शोषितों वंचितों पिछड़ी जाति के हमारे आदिवासी भाईयो बहनो को इन सब महिलाओं को सशक्त बनाने में इसने बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा की है

वहीं पिछले चार साल में दस करोड नये कनेक्शन दिए गए हैं जिससे गरीबों को फायदा पहुंचा है आप सबको ये सुनकर सुखद आश्चर्य होगा कि पिछले चार वर्ष में ही हमारी सरकार ने एलपीजी के दस करोड़ नये कनेक्शन दिए हैं

उन्होंने पहल जो दिया वो बड़े बड़े लोगों को दिया हमने तय किया कि जिसके पास नहीं है जो लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं धुएं की जिंदगी गुजारते हैं इतना कष्ट मां बहनों को होता था हम उनको मुक्ति दिलाना चाहते हैं श्री मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना और सुरक्षा उपाया के बारे में देश भर में एलपीजी पंचायत आयोजित की जा रही हैं

ग्रामीण इलाकों में एलपीजी के जो उपभोक्ता है ये उनके लिए चर्चा का एक बड़ा विशेष प्लेटफॉर्म बन गया है यहां एलपीजी के सुरक्षित उपयोग और लाभों के संबंध में है उन्हें शिक्षित किया जाता है ताकि उन्हें एलपीजी के उपयोग को लेकर कोई दुविधा न हो या कोई डर न रहे संवाद के दौरान ओडिशा में मयूरभंज से सुष्मिता कबाता ने उज्ज्वला योजना से उनके जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया छत्तीसगढ़ की एक महिला ने कहा कि इस योजना से स्वयं उनके और पूरे परिवार के जीवन स्तर में सुधार हुआ है जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से महिलाओं के एक समूह ने प्रधानमंत्री को बताया कि उज्ज्वला योजना की वजह से रमजान के दौरान खाना पकाना सुविधाजनक हो गया है राज्य में कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा सीटों के लिए उप चुनाव में मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं से किसी भी अप्रिय घटना के समाचार नहीं है कुछ स्थानों पर ईवीएम मशीनों में तकनीकी खराबी आई जिससे मतदान बाधित हुआ भाजपा के प्रतिनिधिमंडल तथा समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों ने ईवीएम खराबी को लेकर निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करायी सांय पांच बजे तक कैराना में सैंतालीस प्रतिशत तथा नूरपुर में सत्तावन प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले मतदान का अंतिम प्रतिशत आना अभी बाकी है मतदान प्रातः सात बजे से सांय छह बजे तक कड़ी सुरक्षा के बीच कराया गया सुरक्षा के लिए नागरिक पलिस तथा पीएसी के साथ तिरपन कम्पनियां अर्द्व सैनिक बलों की तैनात की गई थी दोनों क्षेत्रों म एक हजार चौरानवे मतदान केन्द्रों पर दो हजार छप्पन मतदान ब्रथ बनाये गये थे अति संवेदनशील एक सौ चौरासी बूथों की वेबकास्टिंग कराई गई दोनों क्षेत्रों में उन्नीस लाख से अधिक मतदाता मतदान के लिए पंजीकृत थे दोनों उप चूनाव क्षेत्रों में बाईस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिनमें कैराना संसदीय क्षेत्र में बारह उम्मीदवार मैदान में हैं कैराना में भारतीय जनता पार्टी की मृगांका सिंह तथा संयुक्त विपक्ष की प्रत्याशी रालोद की उम्मीदवार तबस्सुम बेगम मुख्य प्रत्याशी है मृंगाका सिंह भाजपा नेता और सांसद रहे स्वर्गीय हुकुम सिंह की बेटी है हमारे शामली प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट छिटपुट झगड़ों और हंगामे के बीच मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान को लेकर महिला पुरुषों में सुबह के समय खासा उत्साह देखने को मिला कुछ बूथों पर वीवीपैट खराब होने की शिकायत भी मिली इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा

वहीं चुनाव पर पैनी नजर रखने के लिए क्षेत्र में मोबाइल पार्टी भी लगाई गई किया अनुज सैनी आकाशवाणी समाचार शामली नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अवनी सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नईमुल हसन के बीच मुकाबला है अवनी सिंह भाजपा विधायक रहे स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह की पत्नी है हमारे बिजनौर प्रतिनिधि ने बताया सुबह से ही मतदाताओं की लम्बी लम्बी कतारे देखने को मिली गर्मी और रमजान के कारण सभी सुबह ही अपने वोट डालने के लिए ब्रथो पर पहुँच रहे थे

प्रेक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित सभी आला अधिकारी सुबह से ही मतदान स्थलो का दौरा करते रहे अतुल गर्ग आकाशवाणी समाचार बिजनौर

यह उनकी हताशा को दर्शाता है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

प्रदेश के अधिकांश भागों में गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं अधिकतम तापमान पैंतालीस डिग्री सेल्सियस के आसपास मडरा रहा है भीषण गर्मी और लू के कारण सामान्य जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है बुन्देलखंड गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित है यहां पारा सैंतालीस डिग्री सेंटीग्रेट के करीब पहुंच रहा है मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम के शुष्क बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है हालांकि आज लखनऊ हरदोई तथा आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने और बूंदाबादी के कारण तापमान में काफी गिरावट आयी और मौसम सुहावना हो गया कन्नौज में अचानक तेज आंधी वर्षा और ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है